इसके अलावा वे जनजातीय विकास विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे प्रदेश उच्च न्यायालय ने चिकित्सा अधिकारियों द्वारा सर्शत जारी किए गए दिव्यांगता प्रमाणपत्रों पर कड़ा संज्ञान लिया है न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि कई दिव्यांगता संबंधी प्रमाणपत्रों पर चिकित्सा अधिकारी की ओर से ये लिखा जाता है कि इस तरह के प्रमाणपत्र न्यायालय या क्षतिपूर्ति हर्जाने के लिए मान्य नहीं है न्यायालय ने कहा है कि कोई भी कोर्ट इस तरह के प्रमाण पत्रों को मान्याता नहीं दे सकता अदालत ने स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को आदेश दिए हैं कि इस तरह के प्रमाण पत्र जारी करने की प्रथा पर अंकुश लगाया जाए

उपायुक्त शिमला अमित कश्यप द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को बालूगंज बाजार से आवाजाही की अनुमति नहीं होगी और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने के लिए वाहनों की आवाजाही वाया चक्कर कर दी गई है

प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं और निचले इलाकों में लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है मौसम विभाग ने अगले चार दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की है

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने कोरोना संकमण से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

इसी अखबार की एक अन्य खबर है हिमाचल भवन सदन और प्रदेश के सर्किट हाउस मेहमानों के लिए खोले

सशर्त अपंगता प्रमाणपत्रों की प्रथा बंद करें डॉक्टर शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है हाई कोर्ट ने पूछा ऐसे प्रमाणपत्रों की क्या वैधानिक मान्यता है